केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन ने कहा है कि दिमागी ब्रखार से जूझ रहे मुजफ्फरपूर में सौ बिस्तरों वाले बाल सघन चिकित्सा इकाई की जल्द ही स्थापना की जायेगी श्री हर्षवर्द्वन ने कहा कि इसका निर्माण केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत किया जायेगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की एक केन्द्रीय टीम रोगियों को चौबीसों घंटे सेवायें दे रही हैं बीते चौबीस घंटों के दौरान इंसेफ्लाइटिस से सात और बच्चों की मौत के बाद राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक सौ इकहत्तर हो गयी है इस दौरान मुजफ्फरपूर में चार पूर्वी चम्पारण में दो और बेगूसराय में एक बच्चे की संदिग्ध दिमागी बुखार से मौत की खबर है मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में इंसेफ्लाईटिस से पीड़ित सोलह और बच्चों को भर्ती कराया गया है सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया है कि इन दोनों अस्पतालों में इक्यानवे बच्चों का इलाज चल रहा था जिनमें से दस बच्चों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है इधर राज्य सरकार ने ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित रहने और बच्चों की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भीमसेन को निलंबित कर दिया है एसकेएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक एस के शाही ने बताया है कि मॉनसून की बारिश से दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या में कमी आई है आयकर विभाग ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पटना में बेनामी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी ने लालू प्रसाद यादव और परिजनों की तीन करोड़ छिहत्तर लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क करने को मंजूरी दे दी है इस संपत्ति में पटना में स्थित दो मंजिला मकान भी शामिल है आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि पटना के अवामी बैंक में जमा राशि को भी जब्त कर लिया जाएगा नोटबंदी के समय इस बैंक में फर्जी नामों से कई खाते खोले गए और उनमें नकदी जमा की गयी जांच के दौरान यह भी पता चला कि बैंक खाते उन दिहाड़ी मजदूरों के नहीं थे जिनके दस्तावेजों का इस्तेमाल खाते खोलने के लिए किया गया था इस मामले में बेनामी लेनदेन निवारण अधिनिमय के तहत कार्रवाई की गयी है प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर तेज बारिश रिकॉर्ड की गयी है जिससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से काफी राहत मिली है रामनगर में दस सेंटीमीटर भभूआ और मोहनिया में आठ आठ सेंटीमीटर त्रिवेणीगंज और बक्सर में सात सात सेंटीमीटर रोसड़ा और बगहा में छह छह सेंटीमीटर और मैरवा गौनाहा चनपटिया तथा शेरघाटी में पांच पांच सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है बारिश से राज्य के लू से प्रभावित क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ है और अधिकतम तापमान में कमी आई है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के पूर्वानुमान में बताया है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के कई स्थानों पर पिछले अड़तालीस घंटों के दौरान तेज वर्षा और वजपात के कारण बारह लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है मूख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है वहीं वज्रपात के दौरान घायल हुये लोगों का स्थानीय अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराने का भी निर्देश दिया है गौरतलब है कि प्रदेश के खगड़िया जमुई बांका बक्सर कटिहार अरवल और बेगूसराय में वज्रपात और तेज वर्षा से बारह लोगों की मौत हो गयी थी जबकि सात अन्य लोग घायल हैं केन्द्र सरकार ने वर्ष दो हजार पच्चीस तक देश से टीबी यानी तपेदिक के उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया है कि देश में प्रतिवर्ष तपेदिक के लगभग साढे सत्ताईस लाख मरीज सामने आते हैं उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष देश में साढे पांच लाख से अधिक टीवी के मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय ने आज सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से राज्य में बढ़ती अपराधिक घटनाओं को लेकर विचार विमर्श किया श्री पाण्डेय ने कहा कि अपराधियों से साठ गाठ रखने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी उन्होंने अधिकारियों को अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने का निर्देश दिया है केन्द्र सरकार ने देश के किसानों तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर सात सौ तेरह कृषि विज्ञान केंद्र और छह सौ चौरासी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों का गठन किया है इसका उद्देश्य वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा करना है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि भारत पूरी दुनिया में योग के महत्व के प्रचार प्रसार में अहम रोल निभा रहा है श्री मोदी ने पटना में बच्चों के लिए योग पुस्तिका का विमोचन करते हुए कहा कि योग दुनिया को भारत की अनमोल देन हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन खेल कूद के लिए एक घंटी निर्धारित की है जिसमें अन्य खेलों के साथ योग को भी शामिल किया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि नियमित योग से बहुत से रोगों से बचा जा सकता है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय की ओर से राजधानी पटना में दो दिवसीय उर्दू कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन उर्दू भाषा और साहित्य के सिलसिले में विभिन्न विषयों पर आयोजित सत्र में देश के विभिन्न प्रांतों से आये उर्दू साहित्यकारों ने चर्चा की वक्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उर्दू भाषा औरं साहित्य का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उर्दू जानने वालों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि हो अगर उर्दू लिखने पढ़ने और बोलने वालों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से भाषा और साहित्य का विकास होगा सहरसा जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव के पास कोसी नदी में स्नान के दौरान चार लड़कियों समेत पांच लोग डूब गये जिनमें से एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबी हुई लड़कियों की तलाश जारी है इधर बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल के कृति टोल गांव के रहने वाले एक दस वर्षीय बच्चे की बूढ़ी गंडक नदी में स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबने से मौत हो गयी कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के कर्मनाशा बाजार के पास से प्रलिस ने सवारी गाड़ी से छह सौ चालीस बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है वहीं बांका जिले के रजौन प्रखंड के नवादा बाजार से पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया है इधर अररिया जिले के कुर्साकाँटा और पलासी थाना क्षेत्र से पुलिस ने चालीस लीटर देशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र के मुरारपुर गांव में छापेमारी कर बीस लीटर शराब के साथ दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के बख्तियारपुर गांव में ऑटो रिक्शा के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया जल संसाधन मंत्री संजय झा ने आज भागलपुर में तटबंध की सुरक्षा के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की समस्तीपूर पूलिस ने मुफ्फसिल थाना के मोहनपूर में पिछले दिनों ढ़ाई लाख की लूटपाट में शामिल अंतर जिला अपराधी गिरोह के तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना के बतिया जंगल में वाहन लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीन अपराधियों को पुलिस ने देशी पिस्तौल और जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है